्र प्रदेश में आज भी कई जगह ठंडी हवाओं के कारण ठिठरन बढी भारत ने पाकिस्तानी वायु सेना की ओर से भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाकर भारत की वायू सीमा में आक्रमणकारी कार्रवाई पर कड़ा विरोध व्यक्त किया है विदेश मंत्रालय ने कहा कि पार्किस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब कर यह विरोध दर्ज किया गया बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की यह हरकत खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने पर भारत की आतंकरोधी एहतियाती कार्रवाई के बिलक्ल विपरीत है पाकिस्तानी उच्चायुक्त को बताया गया है कि भारत को किसी भी आक्रमण या सीमा पार आतंकवाद की कार्रवाई के विरुद्ध अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सम्प्रभृता और भौगोलिक एकता के सरक्षण के लिए कोई भी कठोर और निर्णायक कदम उठाने का अधिकार है भारत ने मांग की है पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ तत्काल प्रमाणिक कार्रवाई करे भारत ने हवाई संघर्ष के बाद पाकिस्तान में हिरासत में लिए गए भारतीय वायु सेना के पायलट की तत्काल सुरक्षित रिहाई की मांग की

रक्षा सुत्रों के अनुसार तीनों सेना प्रमुखों ने कल पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों के भारतीय सीमा में घूसने के मद्देनज़र सैन्य बलों की तैयारियों के सम्बन्ध में रक्षा मंत्री को जानकारी दी

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एकजुट होकर काम करेगा आगे बढ़ेगा और एकजुट होकर लड़ेगा और जीतेगा देशभर के भाजपा कार्यकर्तोओं के साथ वीडियो कॉफ्रेंस के जरिए संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि देश को अपने सुरक्षाबलों पर भरोसा है श्री मोदी ने कहा कि देश अपनी रक्षा करने वाले सैनिकों का आभारी हैं जिनकी वजह से भारत विकास के नए स्तर पर पहुंच सकता है

वहां की जमीन पर इन लोगों के दावे अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिये थे न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने राज्य सरकारों से ये दावे खारिज करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण देते हुए शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई दस जुलाई को रखी है

उन्होंने इस सम्बन्ध में अधिकारियों को कार्यवाही शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिये हैं

श्री प्रभु ने कहा कि हवाई संपर्क बढ़ने से राज्यों को ही सबसे ज्यादा लाभ होगा उन्होंने कहा कि छोटे तथा मझोले शहरों को विमानन नेटवर्क से जोड़ने की किफायती टिकट की सरकार की योजना उड़ान का तीसरा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें ऐसे विमानों के परिचालन की मंजूरी मिली है जो पानी में उतर सकते हैं

इस एंड्रॉइड ईटीएम मशीन से यात्री एटीएम या डेबिट कार्ड के माध्यम से भी टिकट ले सकेंगे साथ ही यदि यात्रा के दौरान बस में कोई यात्री अभद्रता या टिकट लेने में आनाकानी करता है तो परिचालक एंड्रॉइड ईटीएम मशीन से ही उसकी वीडियोग्राफी भी कर सकेंगे इसकी तैयारियों के तहत अलवर और मत्स्य नगर आगार में दो दो एंड्रॉइड ईटीएम मशीनों का परीक्षण चल रहा है साथ ही परिचालकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है उसके बाद आगार को पुरानी ईटीएम मशीनों के स्थान पर करीब दो सौ से अधिक एंड्राइड ईटीएम मशीन उपलब्ध कराई जायेंगी

यह रिफंड सीधे करदाताओं के बैंक खातों में भेजा जायेगा इसके लिए करदाताओं को अपने बैंक खाते को पैन से जोड़ना होगा अभी तक आयकर विभाग करदाताओं को रिफंड सीधे बैंक खाते में या फिर चैक के माध्यम से देता है

आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है

इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय है लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायड् ने इस अवसर पर चन्द्रशेखर रमन को श्रद्धांजलि अर्पित की है

इस अवसर पर जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों को पौष्टिक आहार और स्वस्थ आदतों के बारे में जानकारी दी गई

यह कार्य जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग मद से किया जाएगा बांसवाड़ा में आज मत उत्सव के तहत नर्सिंग छात्राओं और आशा सहयोगिनियों द्वारा मतदाता जागरुकता रैली निकाली गई सिरोही जिले के सिरोड़ी में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की फील्ड आउटरीच ब्यूरो की ओर से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं पर शिविर का आयोजन किया गया बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में आज बाहरा समाज के धर्मगुरु ने सैफी मस्जिद में नमाज अदा कराई और समाज के चयनित जोड़ों का निकाह कराया

बून्दी में आज से उद्योग और हस्त शिल्प कला मेला शुरु हुआ

पाली जिले के फालना इलाके के पंचवाड़ा में एक व्यक्ति द्वारा अपने खेत में अफीम की खेती करने की सूचना मिलने पर पुलिस ने फसल को जब्त कर उसको हिरासत में ले लिया

उधर चूरु में ठंडी हवाएं चलने से जनजीवन प्रभावित रहा नागौर में बादल छाये रहने से किसानों की चिंता बढ़ गई है

श्री डोटासरा ने आज जयपुर में उद्योग विभाग यूनिसेफ और स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित सीएसआर कॉन्क्लेव में कहा कि राज्य के विद्यार्थियों को स्कूलों में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए रोडमैप तैयार करके उस पर कार्य किया जा रहा है